फेसलैस और निर्बाध कर प्रणाली का आह्वान करदाताओं का सम्मान करने पर दिया बल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन पर नियंत्रण के लिए कांटैक्ट ट्रेसिंग को और तेज करने के दिये निर्देश

राज्य में साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए खोले गये सोलह नये साइबर अपराध थाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश की कराधान प्रणाली फेसलैस बनाई जा रही है इससे करदाताओं का डर दूर होगा और उन्हें भेदभाव से बचाया जा सकेगा श्री मोदी ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए कल नई दिल्ली में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल का शुभारंभ किया श्री मोदी ने कहा कि कर प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि वह करदाताओं को भ्रमित करने की बजाय उनकी समस्याओं को सुलझाए श्री मोदी ने कहा कि तकनीक से लेकर नियम तक सब कुछ सरल होने चाहिएं श्री मोदी ने कहा कि कर प्रणाली को निर्बाध सरल और फेसलैस बनाने का प्रयास किया जा रहा है देश में चल रहा स्ट्रक्वरलरिफॉर्मस का सिलसिला आज एक नये पढ़ाव पर पहुंचा है

इस प्लेटफॉर्म में फ्रेसलेस असेसमेंट फेसलेस अपीलऔर टेक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े रिफार्मस हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाता राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कर अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे करदाताओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें श्री मोदी ने कहा कि लोगों को भी कर भुगतान को जिम्मेदारी समझना चाहिए श्री मोदी ने राष्ट्र की विकास यात्रा में करदाताचार्टर को बड़ा कदम बताया आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदमउगा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारीपक्की करने का ये बहुत अहम कदम है टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान औरसुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश हैं गिने चुने देश हैं लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम कीओर अपने आपको लेकर इसमें शामिल हो गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले छः वर्षों में सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को यह सुविधा प्रदान करने पर ध्यान दिया श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कर प्रशासन में सुशासन लाने के लिए नया मॉडल विकसित किया है श्री मोदी ने कहा कि सुधारों के लिए प्रतिबद्वताके कारण भारत में विदेशी निवेशकों का विश्वास निरंतर बढ़ रहा है श्री मोदी ने कहा कि सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरू हो रही नई व्यवस्था न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्वताको मजबूत करती हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र के सुधारों के कारण पिछले छ वर्ष में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या लगभग ढाई करोड़ बढ गई हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि करदाता को कार्यालय बुलाए बिना आकलन और करदाता चार्टर आज से शुरू हो रहा है और पच्चीस सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से फेसलैस अपील की सुविधा भी शुरू हो जाएगी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस पहल को कांतिकारी और महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इस व्यवस्था के आने के बाद ईमानदार करदाता और बेहतर योगदान कर सकेंगे भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों में लगातार किये जा रहे सुधारों की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है उन्होंने कहा कि इन सुधारों से जहां एक ओर उद्योग जगत के साथ साथ आम आदमी का विश्वास भारतीय कर प्रणाली में बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर इससे अर्थव्यवस्था में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस पारदर्शी फेशलेस सिस्टम का उद्घाटन किया है और जिस तरह के कर सुधारों में आगे की घोषणा हुई वो निश्चित तौर से ऐतिहासिक फैसले हैं क्योंकि जिस तरह से एक ईमानदार टैक्सपेयर को अगर इस तरह से परेशानियों का सामना होता था आज उन्होंने इतना बड़ा बदलाव किया है कि अब किसी भी ईमानदार टैक्सपेयर को फेशलेस असेसमेंट होगा और फेशलेस उसको अपील भी करनी होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कोविड अस्पतालों में डाक्टरों की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं डाक्टरों के अलावा सभी जिलों के एल टू श्रेणी के अस्पतालों में कोविड बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी राजधानी लखनऊ के प्रसिद्व कैंसर संस्थान में विशेष कोविड अस्पताल तैयार किया जायेगा मुख्यमंत्री श्री योगी ने कोविड नाइन्टीन के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कांटैक्ट ट्रेसिंग को और तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में समी लोगों का कोविड टैस्ट कराने के प्रयास किये जायें उन्होंने कहा कि चिकित्सक होम आइसोलेशन वाले कोविड मरीजों से नियमित संवाद बनाकर उनके स्वास्थ्य की लगातार जानकारी लेते रहें मुख्यमंत्री लखनऊ में कोविड पर समीक्षा बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कानपुर लखनऊ और वाराणसी के कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बताई देश में एक दिन में रिकार्ड छप्पन हजार तीन सौ तिरासी कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं देश में अब तक करीब सत्रह लाख कोरोना रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस उपलब्धि में केन्द्र और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के एकजुट प्रयासों और अग्रिम पंक्ति के लाखों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा है देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्तर दशमलव सात सात प्रतिशत हो गई है कोविड मृत्यू दर घटकर एक दशमलव नौ छह प्रतिशत रह गई रिकॉर्ड संख्या में रोगियों के स्वस्थ होने से देश में कोविड मरीजों की संख्या में कमी आई है अब कल कोविड मरीजों में से केवल सत्ताईस दशमलव दो सात प्रतिशत ही संक्रमित हैं कोविड से स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या मरीजों से दस लाख अधिक हो गई है संघ लोक सेवा आयोग ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले आवेदकों की कोविड जांच की जाएगी खबरों में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण से मुक्त आवेदकों को ही परीक्षा देने की अनुमति होगी संघ लोक सेवा आयोग ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया आवेदकों से ऐसी खबरों पर विश्वास न करने को कहा गया है प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों में सोलह नए साइबर अपराध थाने खोले हैं ये थाने पुलिस परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर खोले गये हैं इससे पहले राज्य में लखनऊ और गौतमबुद्दनगर में ऐसे केवल दो थाने थे जिन जनपदों में नए साइबर पुलिस थाने खोले गये हैं वे हैं आगरा अलीगढ़ प्रयागराज चित्रकूट बरेली मुरादाबाद बस्ती गोंडा गोरखप्र झाँसी कानपुर अयोध्या सहारनप्र आजमगढ़ मिर्जाप्र और वाराणसी प्रदेश सरकार इन अट्ठारह साइबर पूलिस स्टेशनों के फोन नंबरों ओर ई मेल आई डी को प्रचारित कर रही है जिससे साइबर अपराधों के शिकार लोग पुलिस से आसानी से संपर्क कर सकें इन थानों के ई मेल पते और फोन नंबरों वाली सूची को सार्वजनिक कर दिया गया है रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए ई पास प्रणाली शुरू की है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कल वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से इस प्रणाली की शुरूआत की अब रेल कर्मचारी इसका लाभ उठाकर बिना कार्यालय गये ही पास के लिए आवेदन कर सकते हैं उन्हें यह पास ई प्रणाली के जरिए जारी भी किए जाएंगे कर्मचारी इस पास के जरिए आई आर सी टी सी की वेबसाइट से भी अपनी टिकट बुक करा सकेंगे प्रदेश में हो रही लगातार वर्षा जहां फसलों के लिए लाभप्रद है वहीं अत्यधिक जल भराव के कारण लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमीरपुर अयोध्या कौशाम्बी बरेली बदायूँ बागपत सहित कई जनपदों में वर्षा होने के समाचार हैं कई जनपदों से तेज वर्षा के कारण जन धन की हानि के समाचार मिले हैं वर्षा के चलते प्रदेश की कई नदियों में बाढ़ आ गया है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा अगले कई दिनों तक राज्य के पूर्वी भाग में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान जताया है